बर्तानिया के उप उच्चाय्क्त एंड्रयू आयरे ने उप म्ख्यमंत्री द्ष्यंत चौटाला के साथ म्लाकात की और उन्हें हर संभव सहयोग का आस्वासन किया हरियाणा के प्लिस महानिदेशक मनोज यादव ने प्लिस नागरिकों सेवाओं के साथ परिवार पहचान पत्र को जोड़ने की शुरूआत की

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि नई शिक्षा नीति आत्मनिर्भर भारत की दिशा मे एक महत्वपूर्ण कदम है और यह अन्संधान और नवाचार को प्रोत्साहित करती है

उन्होंने जाेक्र देकर कहा कि ये कोई विचारधारा नहीं बल्कि एक नजिरये की बात है प्रधानमंत्री ने कहा कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका नज़रिया सकारात्मक है या नकारात्मक दोनों के लिए संभावनायें और रास्ते खुले है श्री मोदी ने कहा कि यह फैसला हमारे हाथ में है कि हमने समस्रा का हिस्सा बनना है या समाधान का प्रधानमंत्री ने कहा कि ज्ञान और ताकत बड़ी जिम्मेदारी के साथ आती है उन्होंने विद्यार्थियों का अनेकता में एकता बरकार रखने का आहवान भी किया

उन्होंने ग्रूदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर के गीतो और कविताओं की सराहना करते हये कि पाठकों को ज्ञान देने के लिए ये विश्वभर में लोकप्रिय हो रहे है बर्तानियां के उप उच्चाय्क्त एंड्रयू आयरे ने आज हरियाणा के उप म्ख्यमंत्री द्ष्यंत चौटाला के साथ मुलाकात की इस दौरान उपमुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर भारत और विशेषकर हरियाणा प्रदेश के ब्रिटिश सरकार के साथ पारस्परिक और व्यावसायिक संबंधों पर विस्तार से चर्चा की गई श्री आयरे ने उप म्ख्यमंत्री को उनकी सरकार की ओर से व्यापार व अन्य कार्यों में पहले की तरह हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया

हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आगामी पांच मार्च से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद ग्प्ता ने बतायाकि इस सत्र मे कई विषयों पर चर्चा होगी

बजट सत्र के दौरान कोविड सम्बधी दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा दर्शक गैलरी में आमजन को आने की अन्मति नहीं होगी इसके लिए प्रैस के लिए हरियाणा निवास में व्यवसथा की जा रही है हरियाणा के प्लिस महानिदेशक मनोज यादव ने आज पंचकला प्लिस मुख्यालय से प्लिस नागरिक सेवाओ की साथ परिवार पहचान पत्र को जोड़ने की श्रूआत की उन्होंने इस मौके पर एक कर्मचारी कॉर्नर का श्भारंभ भी किया प्लिस महानिदेशक ने कहा कि परिवार पहचान पत्र स्शासन की दिशा मे एक अच्छी पहल है जो नागरिको को उनके घर द्वार पर पारदर्शी और निष्पक्ष ग से सेवा सुनिश्चित करेगी पुलिस महानिदेशक प्रशासन एवं प्रवक्ता प्रौदयोगिकी ए एस चावला ने कहा कि प्लिस नागरिक सेवाओं के परिवार पहचान पत्र के साथ जुड़ने के बाद अब नागरिकों के लिए इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए इस समय पोर्टल पर अपनी परिवारिक पहचान दर्ज करने का विकल्प होगा कर्मचारी कर्मचारी कर्मचारी श्री चावला ने बताया कि अब हरियाणा के कर्मचारी किसी भी समय किसी भी जगह केवल एक क्ल्क से महत्वपूर्ण परिपत्र सूचनायें और प्रशासन से सम्बधित स्थायी आदेश कल्याकारी लाभ जैसी सूचनायें ऑनलाइन प्राप्त कर सकते है

म्ख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सुचना जनसम्पर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉ अमित अग्रवाल ने बताया कि अकादमी अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने सम्मान के लिए चयनित नामों की सूची को स्वीकृति दे दी है

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के औदयोगिक भूखंड आवंटन के कथित घोटाले के मामले मे आज फिर पंचकूला अदालत में सुनवाई हुई

हरियाणा बिजली विभाग को बिजी वित्त निगम लिमिटेड वार्षिक मुल्यांकन के आधार पर देशभर के राज्यों की वितरण इकाइयो की एकीकृत रेंटिंग में ए रेटिंग प्राप्त हुई है जो पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है

यम्नानगर जिले के जगाधरी मे कल महान स्वतंत्रता सेनानी एवं पदम भूषण से सम्मानित दर्शन लाल जैन को श्रद्धांजलि सभा में प्ररेणा सभा के रूप में आयोजित किया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लिखित एवं राष्ट्रीय स्वयं सेवक के सर संघसंचालनक मोहन भगवत ने वीडियो संदेश भेजकर भी दर्शन लाल जैन के निधन पर शोक व्यकत किया